सरकारी कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों को काम करने की अनुमति

उन्होंने कहा कि राज्य वापस आने वाले सभी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेन्टर अथवा होम क्वारंटीन पर भेजा जाए होम क्वारंटीन जाने वाले कामगारों को खाद्यान्न किट अवश्य दी जाए तथा इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों के सेवायोजन एवं रोजगार के लिए प्रदेश सरकार एक आयोग का गठन करेगी

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से फूट पेट्रोलिंग करें और कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने दें

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों मार्गों एक्सप्रेस व पर चलने वाले कामगारों जरूरतमंदों को फूड पैकेट बाटे जाएं ताकि कोई भी भूखा न रहे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की निगरानी के लिए गठित की गई निगरानी समितियां पूरी सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोनों में डोर स्टेप डिलीवरी प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए वहां किसी भी हाल में पानी की कमी न होने पाए

मुख्यमंत्री ने पुलिस व प्रशासन को संयुक्तरूप से पेट्रोलिंग करने के निदेश देते हुए कहा कि ईद पर कोई समारोह आयोजित न किया जाए सभी मुस्लिम भाई स्वयं को इस संक्रमण से बचाते हुए घर पर ही ईद मनाएं प्रदेश सरकार ने कुछ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में छूट दी है

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीबों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वृद्धावस्था निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को दो महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है लाभार्थियों को बारह महीने के बजाय अब चौदह महीने की पेंशन मिलेगी

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेश जे राम ने बताया कि अप्रैल में दो महीने की पेंशन लाभार्थियों को दी गयी थी

उधर प्रतापगढ़ में कोरोना सक्रमण के दौर में स्वयं सहायता सम्ह की महिलाओं के खाते में प्रदेश सरकार द्वारा सामुदायिक निवेश निधि के तहत तीन करोड़ सरसठ लाख से अधिक की धनराशि जमा करायी गई है इससे महिलाओं को अपना व्यवसाय करने में मदद मिलेगी

उन्होंने बताया कि अब तक तीन हजार चार सौ तैतीस मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं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

रेलवे ने पूर्णबंदी के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्धालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था

श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं रेलवे और राज्य सरकारों ने समुचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियूक्त किया है श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की बारह तारीख से तीस विशेष रेलगाडियों का परिचालन भी शुरू किया है और पहली जून से दो सौ रेल गाडियां शुरू करने की घोषणा की है इस वर्ष पहली अप्रैल से बाईस मई के बीच रेलवे ने सत्तानवे लाख टन से अधिक खाद्यान्न की ढुलाई की है और राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है दिल्ली हवाई अड्डे से कल से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी

दिल्ली हवाई अड्ड की संचालक कम्पनी डायल ने बताया कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्शों के पालन के प्रबंध किये गये है और विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जायेगा मरकजी चॉद कमेटी फरंगी महल के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और शिया मरकजी चॉद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने सभी मुसलमानों स अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें और त्यौहार मनायें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समूदाय के लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी है अपने सन्दश में राज्यपाल ने सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कहा है कि ईद का पर्व हमें मोहब्बत एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का सन्देश लेकर आता है

मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद मनाने की अपील की है प्रदेश के राजस्थान मध्यप्रदेश और हरियाणा की सीमा से लगे जनपदों में टिड्डियों के हमले से फसलों के बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को सतर्क रहने के निर्देश जारी किये हैं संभावित प्रभावित होने वाले जिलों में जिला मुख्यालय पर टिडिडयों पर नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी टास्क फोर्स तथा नियंत्रण कक्ष की स्थापना तत्काल करने के लिए कहा गया है साथ ही कीटनाशक व जरूरी यंत्रों के साथ अन्य सरकारी विभागों से समन्वय कर टिडि़डयों को नष्ट करने के हर संभव उपाय करने के लिए कहा गया है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया परिचर्चा में भाग लेंगे

श्रोता स्ट्रडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृष्ठ सकते हैं